उन्होंने राज्यपाल को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ उठाने का सुझाव दिया राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिक गैस्ट हाउस रेस्ट हाउस व अन्य मेडिकल सुविधाओं का लाभ भी लिया जा सकता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उनके सुझावों पर कार्य योजना बनाकर महामारी के खिलाफ क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों की अधिक सेवाएं लेकर मजबूती से काम किया जाएगा उन्होंने राजनाथ सिंह का प्रदेश के प्रति संवेदनशीलता के लिए आभार भी व्यक्त किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीज़न की कोई कमी नहीं है मगर खपत के लिए योजनाबद्व तरीके से काम करने की ज़रूरत है मण्डी ज़िले के मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हिमाचल में हालात काफी सामान्य हैं जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अधिक बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा देने के निर्देश भी दिए इससे पूर्व उन्होंने कॉलेज में अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा भी की

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए केन्द्र सरकार सभी ज़रूरी कदम उठा रही है एक बयान में उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सभी निर्देशों का गम्भीरता से पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र ने देशभर के ज़िला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीज़न जनरेशन प्लांट बनाने को मंजूरी दी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस आपदा में हर कदम पर देशवासियों के साथ खड़ी है वीरेन्द्र कंवर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए ऊना ज़िले के दो स्थानों कांगड़ व टकारला में एफसीआई गेहूं की खरीद कर रहा है

कंवर ने किसानों से इस सुविधा का लाभ उठाने का आहवान करते हुए कहा है कि इसके लिए उन्हें कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा जारी कृषक प्रमाण पत्र साथ लाना होगा कर्फ्यू प्रदेश के चार ज़िलों कांगड़ा ऊना सोलन और सिरमौर में आज से रात्रि कर्फ्यू रहेगा

कांग्रेस सेवादल प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने कर्मचारियों और पैंशनरों के एक दिन के वेतन में कटौती संबंधी निर्णय का विरोध किया है शिमला से जारी एक बयान में कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा है कि बिना सहमति लिए वेतन में कटौती करना तर्कसंगत नहीं है उन्होंने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री राहत कोष पर श्वेत पत्र की मांग की है अनुराग शर्मा ने सरकार पर कोरोना से निपटने के लिए गम्भीर न होने का आरोप भी लगाया है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

आग चम्बा ज़िले के भरमौर क्षेत्र में भजलूंइ गांव में आज सुबह आग लगने से दो मकान जल गए

स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की कमी होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी